हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बिहार में और बढ़ी ठंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का किसी विशेष धर्म के लोगों से संबंध नहीं है श्री मोदी ने विपक्षियों पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है

ये कानून इस देश के अंदर जो एक सौ तीस करोड़ लोग रह रहें हैं उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर देश के मुसलमान विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे झूठ में ना फंसें

भाईयों बहनों उनपर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं हैं कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और न हिन्दुस्तान में कोई डिटेशन सेंटर है

विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने यूवाओं से अपील की कि वे झूठी अफवाहों का शिकार न हों

जो बयान दिये गये जिस तरह लोगों को भड़काया गया उकसाने वाली बातें कही गयी झठे विडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डालकर के भ्रम फैलाने का आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है इनकी राजनीति कैसी है इनके इरादे कैसे हैं यह देश भली भांति समझ चुका है प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है डॉक्टर संजय जायसवाल को आज औपचारिक रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया श्री जायसवाल ने अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन दाखिल किया था अभी तक वे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में केवल धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अधिकार देने का प्रबंध किया गया है बाईट दुनिया में धर्म के आधार पर जहां भी प्रताड़ित लोग रहें हैं उनकी शरण स्थली भारत बना है और इसमें जो प्रताड़ित लोग हैं इनको भारत में नागरिकता देकर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मानवियता का कार्य किया भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब भारत के नागरिकों की संपत्ति क्यों जला रहे हैं अब भारत के नागरिकों को भारत के पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो भाजपा प्रदेश परिषद की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों से देश के विभिन्न भागों में फैलाई ला रही हिंसा पर जवाब देने की भी मांग की बैठक को सम्बोधित करते हुए उपमूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजद कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं श्री मोदी ने कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े पैमाने पर जनसम्पर्क अभियान चला कर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून की जानकारी उपलब्ध कराएगी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजद के बंद के दौरान तोड़फोड़ औरं हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में भागलपुर जिला राजद अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव और युवा राजद अध्यक्ष मो मेराज अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है वहीं बंद के दौरान हुई झड़प मारपीट पथराव और परिवहन निगम की बसों को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं में मुंगेर पुलिस ने चौदह उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत सारण और वैशाली जिले का दौरा किया सारण में श्री कुमार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पांच दर्जन लाभार्थी समूहों को सत्तर करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया वहीं मुख्यमंत्री ने वैशाली जिले के देसरी में बागबानी प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले में जल जीवन हरियाली के तहत किये गये जल संचयन और कृषि कार्यों का भी निरीक्षण किया चौबीस दिसंबर तक चलने वाली जल जीवन हरियाली यात्रा के चौथे चरण में मुख्यमंत्री शिवहर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का भी दौरा करेंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने से समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसके असर से बिहार में भी तापमान में लगातार गिरावट आ रही है मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है विभाग ने पच्चीस दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई है जिससे ठंड और बढ़ सकती है गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रहा इस बीच कोहरे के कारण कई ट्रेनों और विमानों के परिचालन पर भी असर पड़ा है अत्यधिक ठंड को देखते हुए दरभंगा के कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को छब्बीस दिसंबर तक बंद कर दिया गया है बांका में सम्पन्न सत्तरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पटना ने दानापुर रेल को तीन शुन्य से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है इस चैंपियनशिप का आयोजन बिहार फुटबॉल संघ की ओर से किया गया था इधर खगड़िया के कोसी कॉलेज में दसवीं राज्यस्तरीय जूनियर महिला और पुरूष हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ उद्घाटन मुकाबले में सिवान और भोजपुर की महिला टीमों के बीच मुकाबला पांच पांच की बराबरी पर रहा जबकि प्रूरष वर्ग में भोजपूर ने सहरसा को चार शुन्य से पराजित कर दिया राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मौलाना मजहरूल हक और उनके साथियों की देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना से नई पीढ़ी को अवगत कराना हम सब की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि मौलाना मजहरूल हक सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए जीवन भर प्रयासरत रहें राज्यपाल आज पटना में मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के पांचवे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गयी इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जा रही है श्री कुमार ने कहा कि जल्द ही प्रखंड स्तर पर मशरूम उत्पादकों का एक सहकारी संगठन बनाया जाएगा इसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के बाली बथना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से बावन कार्टन विदेशी शराब बरामद की है सीतामढ़ी जिले के सीतामढ़ी बैरगनिया मुख्य पथ पर एसएसबी के जवानों ने एक वाहन से नौ हजार बोतल शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने शेखपुरा जिला के करण्डेय थाना क्षेत्र के छठियारा गांव में छापामारी कर दो लोगों को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है इधर कटिहार जिले में पुलिस ने कोढ़ा थाना में तैनात चौकीदार को अपने घर में ही शराब की भट्टी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है किउल गया रेलखंड के मानपूर से वजीरगंज के बीच आमान दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य यातायात योजना प्रबंधक दिलीप कुमार ने बताया कि कल से इस रेल लाईन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा मूजफ्फरपूर के छाता चौक पर कंबल वितरण के दौरान मची भगदड़ में दबकर एक महिला की मौत हो गयी जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद् की पूर्व सभापति दयावती पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने नगर परिषद के वर्तमान सभापति के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है

हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बिहार में और बढ़ी ठंड